इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार अपने अभिलेखागार से सरदार पटेल के भाषणों के चुने हुए अंश प्रसारित कर रहा है सांप्रदायिक एकता की बात करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए तथा राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए

आज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई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

उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सेवा प्रोबेशनरों का आहवान किया है कि वे लोगों के साथ खुद को जोडें और जवाबदेह बनें

इस बीच प्रधानमंत्री ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरूआत की ये सेवा केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट से जोड़ेगी श्री मोदी ने इससे पहले केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक वॉटर ऐरोड्रोम का उदघाटन किया और केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट तक सी प्लेन में पहली उड़ान भरी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की गई बोकारो के गरगा पुल स्थित लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा पर उपायुक्त राजेश सिंह पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा सहित वरीय अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनके पदचिन्ह पर चलने का संकल्प लिया इधर पाकड़ जिले में भी अधिकारियों और कर्मियों के अलावा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली इधर रामगढ़ जिले में सुभाष चौक से लेकर पुलिस लाइन तक पुलिस बल की ट्कड़ियों और एनसीसी के कैडेटों ने फ्लैग मार्च किया इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि फ्लैग मार्च का उददेश्य देश सेवा के लिए समर्पित महापुरूषों के बलिदान और योगदान को याद करना था खूंटी जिले में भी पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च आयोजित कर सरदार पटेल के प्रति श्रद्वांजलि दी गई गोड्डा जिले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई राजनीतिक और समाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पन कर श्रद्वांजलि अर्पित की साहिबगंज पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी लौह पुरूष को उनकी जयंती पर याद किया गया

सरदार पटेलः किसान आन्दोलन के सरदार से लौह पुरूष तक विषय पर आयोजित वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह रांची के सांसद संजय सेठ आकाशवाणी से सेवा निवृत्त उपनिदेशक समाचार नीरज नाथ पाठक सहित कई शिक्षक पत्रकार और शोधकर्ता शामिल हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को वाल्मीकि जयंती पर भी बधाई दी है लौह प्रूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया राजधानी रांची समेत राज्यभर में पार्टी नेताओं ने उपवास कार्यक्रम का आयोजन कर केंद्र की कृषि नीति का विरोध किया राज्य में कोरोना महामारी के बीच दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव के उलटी गिनती शुरू हो गई है तीन नवंबर को होनेवाले मतदान के लिए जिला प्रशासन दुमका और बेरमो में आवश्यक प्रबंध कर रहा है दुमका विधानसभा सीट के लिए जहां बारह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं वहीं बेरमो से सोलह उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड प्रचार अभियान चला रहे हैं झामुमों के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भी दुमका में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री सोरेन के अलावा झामुमो प्रमुख शिब् सोरेन राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कई नेता महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान चला रहे हैं इधर एनडीए के नेता ने भी दोनों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात एक कर रखा है भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्ज्न मुंडा पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है इसके अलावा भाजपा के सहयोगी दल आजसू पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा उम्मीदवारों के लिए जीत की राह तैयार करने में जुटे हुए हैं प्रचार अभियान कल शाम पांच बजे समाप्त हो जायेगा

राज्य से कोरोना से ठीक होने वालों की दर तिरानबे दशमलव नौ नौ प्रतिशत हो गई है

अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या पनचानबे हजार से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तीन र्सौ तेईस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

इनमें पांच हजार एक सौ छियानबे सक्रिय केस हैं अबतक कोरोना के पनचानबे हजार दो सौ आठ मरीज ठीक हुए हैं राज्य मे अबतक आठ सौ तिरासी मौत कोरोना से हुई हैं

इस कड़ी में झारखंड के जाने माने लोक कलाकार पद्मश्री मधु मंसूरी ने एक गीत लिखा है

नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगलों से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिल के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि प्रलिस को इन नक्सलियों की लंबे समय से तलाश थी इधर पलामू जिले में भी पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार उग्रवादी के पास से आपत्तिजनक नारे लिखे सत्तर पोस्टर और एक मोबाईल फोन बरामद किया गया है जिले के एएसपी अभियान अरूण कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तरहसी थाना क्षेत्र से इस शातिर उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है

इसे एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है